बिम्स्टेक देशों के नेताओं ने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में शांति समृद्धि और सतत् विकास के लिए सार्थक सहयोग और एकजुटता के साथ बिम्स्टेक को गतिशील प्रभावी और परिणामोन्मुखी क्षेत्रीय संगठन बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित सभी सात सदस्य देशों के नेताओं ने बिम्सटेक को संस्थागत व्यवस्था के तहत क्षेत्रीय सहयोग की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से चलाने के महत्व पर जोर दिया है श्रीलंका बिम्स्टेक संगठन का अब नया अध्यक्ष है सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सवेरे थाईलैण्ड के प्रधानमंत्री प्रयूथ चान ओचा से मुलाकात की दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई श्री मोदी ने म्यामां के राष्ट्रपति विन मिंट से भी मुलाकात की और ऊर्जा सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ और वाराणसी में निराश्रित महिलाओं बुजुर्गो और बच्चों के लिए संयुक्त आश्रय स्थल के लिए जमीन उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है आज मथुरा के वृदावन में केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी और मुख्यमंत्री ने विधवा और निराश्रति महिलाओं के लिए आश्रय गृह कृष्ण कुटीर का उद्घाटन किया इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने तीन सौ करोड़ रूपये की पैंतीस परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया मुख्यमंत्री ने वृंदावन में चार सौ एकड़ भूमि पर एशिया के सबसे बड़े पार्क को विकसित करने का ऐलान किया

जो उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने कुछ कार्यक्रम सुनिश्चित किये हैं

हम लोगों ने एज ग्रुप की पूरी व्यवस्था को समाप्त किया है ऑन लाइन आवेदन की व्यवस्था की है और इसमें व्यवस्था की है कि साठ वर्ष की आयु की सीमा अब समाप्त होगी

इस अवसर पर मेनका गांधी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे अपने राज्य में निराश्रित महिलाओं बुजुर्गो और बच्चों के लिए संयुक्त आश्रय केन्द्र बनाने के लिए पहल कर जिससे उनकी सही ढंग से निगरानी की जा सके श्रीमती गांधी ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने संयुक्त आश्रय केन्द्र को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधवाओं के लिए यह किसी सरकारी संगठन से निर्मित अब तक की सबसे बड़ी सुविधा होगी

इस चार मंजिला भवन का डिजाईन हेल्पेज इंडिया की मदद से तैयार किया गया है जिसमें बुजुर्गों और विशेष क्षमता वाले लोगों के लिए खास रैंप लिफ्ट चौबीसों घंटे बिजली और पानी जैसी तमाम सुविधाएं मौजूद हैं सुशीलचंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत निर्मित किये जा रहे आवासों के निर्माण की गति को तेज करते हुए निर्धारित लक्ष्य को शीघ्र हासिल करने के निर्देश दिये श्री योगी ने प्रदेश के विभिन्न शहरों में बिल्डरों द्वारा अवैध कालोनियों के निर्माण करने और लोगों को आवास देने का प्रलोभन देकर पैसे हड़पने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए ऐसे बिल्डरों क खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये मूख्यमंत्री ने कल लखनऊ में आयोजित आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रस्तुतीकरण के दौरान आवास निर्माण के लिए संबंधित अथारिटी से नक्शा पास करवाने की प्रक्रिया को जल्द ही ऑन लाइन करने के निर्देश भी दिये उन्होंने गोमती रिवर फ्रंट के लम्बित कार्यो को शीघ्र पूरा करने का अधिकारियों को आदेश दिया श्री योगी ने कहा कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा लागू की जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में तेजी लाई जाये जिसस योजनाओं का लाभ लोगों को जल्द मिल सके प्रदेश विधान परिषद में आज उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान संशोधन विधेयक पास कर दिया गया इससे पहले प्रदेश विधानसभा में कल ही यह विधेयक पास किया जा चुका है कानून और पेंशन मामलों के मंत्री बृजेश पाठक ने आकाशवाणी समाचार लखनऊ से विशेष बातचीत में बताया कि इस अधिनियम के तहत दो हजार सोलह से पूर्व के लोकतंत्र सेनानियों की विधवाओं को भी अनुदान राशि मिलेगी बाइट कल विधानसभा मं लोकतंत्र सेनानी सम्मान संशोधन अधिनियम पास किया गया है

उनको पेंशन की जो अनुसहायता राशि है वो नहीं मिल रही थी

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार के मामले में प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है आयोग ने मीडिया में आई रिपोर्ट के बारे में स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव और मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य से चार सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव को दिशा निर्देश दिया है कि वह राघवन समिति की जांच रिपोर्ट के प्रस्तावों को देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में लागू कराये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

राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में आज कई विधेयक पारित किये जाने के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गयी

उधर विधान परिषद में प्रदेश के शिक्षामित्रों के शोषण शामली में जहरीली शराब से हुयी मौतों का मामला मेडिकल कालेजों में छात्रों की रैगिंग और प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी का मामला उठाया गया समाजवादी पार्टी ने शिक्षा मित्रों को शिक्षक और उन्हें फिर से शिक्षामित्र बना देने के मुद्दे पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वाकआउट किया

प्रदेश भर में कल से विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया जायेगा

उन्होंने मतदाता पुनरीक्षण अभियान में लोगों से बढ़चढ़ कर हिस्सा लेने क लिए कहा श्री लू ने बलिया में एक सेलीब्रेटी के नाम पर मतदाता पहचान पत्र बनाये जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि ऐसे मामलों में जिलाधिकारी ऐहतियात बरते उन्होंने बताया कि नई मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन चार जनवरी दो हजार उन्नीस को किया जायेगा राज्यपाल राम नाईक ने आज राजभवन में वरिष्ठ पत्रकार अरविन्द चतर्वेदी द्वारा लिखित द रियल मोदी प्रस्तक का विमोचन किया इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन के विभिन्न घटनाओं से संबंधित जानकारी दी गई है इस अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल समेत कई सांसद तथा विधायकगण उपस्थित रहे समाप्त